प्रख्यात ध्रुपद गायक रमाकांत ग्रंदेचा का निधन आज भोपाल में किया जायेगा अंतिम संस्कार प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बापू की प्रदेश की यात्राओं पर आधारित विशेष श्रृंखला मध्यप्रदेश में महात्मा के पांचवे अंक में आज सुनिये बापू के नरसिंहपुर प्रवास के संस्मरण

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिन में साढे दस बजे फैसला सुनाए जाने की संभावना है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से शांति की अपील की है उन्होंने कहा कि अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला आयेगा वह किसी की जीत या हार नहीं होगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर प्रदेश की जनता से अमन चैन शांति व सद्भावना की अपील की है एक ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से सावधान और सजग रहे साथ ही कानून व्यवस्था के पालन में सभी सहयोग करें प्रदेश कानून व्यवस्था अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मददेनजर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं भोपाल सहित कई जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की है प्रदेश में ऐहतियातन सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में आज अवकाश घोषित किया गया है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया है उधर सिवनी में प्रशासन ने लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की है जबलपुर देवास उमरिया पन्ना विदिशा और रायसेन में भी प्रशासन सतर्क है उधर ग्वालियर भिंड मुरैना सागर बड़वानी नरसिंहपुर में सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है चौकी उदघाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में एकीकृत चौकी का उद्घाटन करेंगे वे डेरा बाबा नानक में जनसभा को संबोधित करेंगे इस एकीकृत चौकी से पाकिस्तान में गुरूद्वारा करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय श्रद्वालुओं को सुविधा होगी

कालिदास समारोह संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा है कि महाकवि कालिदास की रचनाओं की पांड्लिपियों पर फिर से रिसर्च का कार्य कालिदास अकादमी के माध्यम से किया जायेगा कल उज्जैन में अखिल भारतीय कालिदास समारोह के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हए डॉ साधौ ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कालिदास अकादमी एवं अखिल भारतीय कालिदास समारोह का विराट स्वरूप एवं सम्मान पुनः लौटाया जाये

मुख्यमंत्री कमलनाथ और संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ ने रमाकांत गुंदेचा के निधन पर शोक व्यक्त किया है रमाकांत और उमाकांत गुंदेचा को पूरा देश गुंदेचा बंधु के नाम से जानता है